भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रति समर्थन जुटाने के लिए आज से दस दिनों का व्यापक जनसम्पर्क अभियान शुरू किया है कई केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता देश के विभिन्न भागों में घर घर जाकर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इस अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर श्री शाह ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों की ओर से इस अधिनियम के विरूद्ध चलाए गये अभियान से देश भर में हिंसा की घटनाएं हुई है उन्होंने अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की नागरिकता खत्म नहीं होगी

क्या आपकी नागरिकता चली जाएगी मैं माइनोरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं सीएए से किसी भी देश की माइनोरिटी नागरिक की नागरिकता जा ही नहीं सकती क्योंकि सीएए में नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अल्पसख्यकों से इस कानून से भयभीत नहीं होने की अपील की बाईट राजनाथ सिंह मैं भारत के रहने वाले भी सब अल्पसंख्यक माईयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अनावश्यक रूप से आपको गुमराह करने के लिए और निहित राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए यह गलतफहमी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर पैदा की जा रही है आप किसी भी सूरत में दिग्नमित न हो किसी भी भारत के नागरिक चाहे किसी भी जात पंथ और मजहब अथवा धर्म का हो इस नागरिकता अधिनियम को लेकर कोई भी प्रतिकूल प्रमाव नहीं पड़ने वाला है

लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी भारतीय के अधिकारों के खिलाफ नहीं है और एनडीए के सभी घटक इस अधिनियम का प्रजोर समर्थन करते हैं

बिहार में इस अभियान की विधिवत शुरूआत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और स्वास्थय मंत्री मंगल पाण्डेय ने बेतिया से की श्री जायसवाल ने महाराजा प्रस्तकालय कैम्पस बेतिया में आयोजित एक जनसभा में लोगों से राष्ट्र हित में नागरिकता संशोधन अधिनियम को समर्थन देने का आहवान किया उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यकों को मानवीय आधार पर सम्मान देने की बात कही गयी है इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ झूठ और अफवाह के आधार पर वोट की राजनीति कर रहा है केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के विभिन्न क्षेत्रों से इस जनसम्पर्क अभियान की शुरूआत की श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि हाल में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुई घटना से यह साबित हो गया है कि नागरिकता संशोधन कानून सही समय पर लिया गया एक उचित निर्णय है वहीं विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से सघन जनसम्पर्क अभियान चलाया गया केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने दरभंगा में प्रदेश के दूसरे एम्स को अपनी स्वीकृति दे दी है श्री चौबे ने आज मुजफ्फरपुर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आने वाले दिनों में प्रस्तावित एम्स का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सात निश्चय योजना से प्रदेश में विकास के नए मानक तय किये गयें हैं और इससे सभी समुदाय के लोगों को जोड़ा गया है मुख्यमंत्री ने यह बातें आज जल जीवन हरियाली यात्रा के छठे चरण के दौरान मधेपुरा और सुपौल में विभिन्न योजनाओं के अवलोकन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही श्री कुमार ने लोगों से आगामी उन्नीस जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला को सफल बनाने की भी अपील की मुख्यमंत्री ने सुपौल में ग्यारह सौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है जिससे तापमान में और गिरावट आयेगी पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गयी है भागलपुर जिले का सबौर आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया कोहरे के कारण रेल यातायात और विमानों की उड़ानों पर भी असर पड़ा है इधर विभिन्न अस्पतालों में ठंड के कारण मरीजों की संख्या में वृद्धि हुयी है पटना भागलपुर और पश्चिम चंपारण में कड़ाके की ठंड के मद्देनजर सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा आठ तक के शैक्षणिक कार्य को आठ जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है वहीं कटिहार में बारहवीं तक के स्कूलों को सात जनवरी और दरभंगा में पांचवीं तक के स्कूलों को दस जनवरी तक बंद कर दिया गया है हाजीपुर मंडल कारा में कुख्यात मनीष तेलिया की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने की घटना के बाद आज पुलिस ने राज्य की कई जेलों में एक साथ छापेमारी की पटना के बेउर और फुलवारी जेल सहित वैशाली मुजफ्फरपुर मोतिहारी बेग्सराय आरा जहानाबाद औरंगाबाद बांका और गया समेत कई अन्य जिले की जेलों में भी वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी की गयी सभी जेलों में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया इस दौरान विभिन्न मंडल काराओं से मोबाइल फोन सहित कई अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद किये गये देश के प्रथम सांसद और बक्सर जिले के डुमरांव राज के अंतिम महाराज कमल बहादुर सिंह का आज सुबह निधन हो गया बानवे वर्षीय कमल बहादुर सिंह आजादी के बाद पहले सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान भी मिल चुका है राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधानपरिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हारूण रशीद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कमल सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि शिक्षा और सामाजिक विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के रद्द नहीं करने का फैसला किया है आयोग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर बीते बाईस दिसंबर को हुई इस परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक की बात को बेबुनियाद करार दिया है एक जनवरी दो हजार बीस की तिथि के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य आज राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किया गया राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआरश्रीनिवास ने बताया है कि बारह जनवरी को भी यह विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें नए वोटर निर्वाचक सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं उन्होंने बताया कि सात फरवरी को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है बक्सर और बांका को छोड़कर प्रदेश के छत्तीस जिलों में चिन्हित दो सौ छब्बीस प्रखंडों में सोलह जनवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित इस अभियान के दौरान सभी प्रखंडों के निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में बच्चों को जीवन रक्षक टीके मुफ्त में लगाए जाऐंगे बेगूसराय जिले के छौड़ाही और तेघड़ा में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक बच्ची सहित दो लोगों की मौत हो गयी कटिहार जिले के सिरसा कैंप स्थित गढ़वाल मैदान में सेना बहाली को लेकर आयोजित दौड़ में दो सौ पचास उम्मीदवार सफल रहे वहीं जिले के हसनगंज थाना के मुंशी शैलेन्द्र पांडे को शराब पीकर ड्यूटी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है रांची से भागलपुर जाने वाली अप वनांचल एक्सप्रेस में झाझा के पास हथियारबंद अपराधियों ने यात्रियों से नकद आभूषण और मोबाइल समेत लाखों रुपये के सामान लूट लिए घटना को अंजाम देने के बाद भाग रहे दो लुटेरों को रेल पुलिस ने यात्रियों की मदद से गिरफ्तार कर लिया